ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने विभिन्न योजनाओं के तहत इस वित्त वर्ष के लक्ष्यों को जल्द पूरा करने अधिकारियों को दिए निर्देश

सोलन ज़िला के चंबाघाट स्थित मशरूम उत्पादन केन्द्र का आज निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने ये बात कही राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं उन्होंने कहा कि मशरूम की खेती किसानों की आमदनी को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी

राज्यपाल ने किसानों को मशरूम की औषधीय किस्मों के उत्पादन के लिए प्रेरित करने पर भी बल दिया उन्होंने उत्पादन केन्द्र का निरीक्षण करने के दौरान वैज्ञानिकों से खुम्ब उत्पादन की नई तकनीक और उसके लाभ के बारे में जानकारी हासिल की बाद में राज्यपाल ने सोलन के सुबाथु के समीप कटनी स्थित ध्यानयोग आश्रम का दौरा कर वहां औषधीय उत्पादों व गौ सदन का निरीक्षण भी किया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन दिनों दिल्ली प्रवास पर हैं और वहां विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं उन्होंने आज दिल्ली के शक्रबस्ती विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी एससी वत्स के समर्थन में प्रचार करते हुए नुक्कड़ सभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि दिल्ली में इस बार अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है और लोग अन्य पार्टियों के बहकावे में नहीं आएंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की जनता अब बदलाव चाहती है और भाजपा को पूरा समर्थन मिल रहा है उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं के पास केन्द्र सरकार के खिलाफ कोई मुददा नहीं है और वे सुर्खियों में बने रहने के लिए बेबुनियादी मामलों को उजागर कर रहे हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार ने अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं उन्होंने लोगों से पार्टी के कार्यो व नीतियों के आधार पर वोट देने की अपील की इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरस्वती बिहार और पीतमपुरा नई दिल्ली में युवा सम्मेलन को भी संबोधित किया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है और विश्व में भारत एक शक्ति के रूप में उभरा है जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत से विदेशों में गए कई युवा यहां आ रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने देश में नए अवसर मिल रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा देश के विकास और उन्नति में अहम भूमिका निभा सकते हैं

शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने शाहपुर निर्वाचन क्षेत्र के सरकारी स्कूल करेरी और रजोल के वार्षिक समारोह में आज ये जानकारी दी

सरवीण चौधरी ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहकर पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भाग लेने का आहवान किया इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे विद्यार्थियों को सम्मानित किया

चंबा ज़िला के डलहौजी पुलिस थाना में एसआई के पद पर तैनात कृष्ण कुमार भी इनमें शामिल है राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चयनित होने पर कृष्ण कुमार ने खुशी जताते हुए अपने सहयोगियों व वरिष्ठ अधिकारियों का आभार जताया है वे कांगड़ा ज़िला के पालमपुर क्षेत्र के रानी सिद्धपुर गांव के रहने वाले हैं

हमीरपुर में योजना की ज़िलास्तरीय अभिसरण समिति की बैठक में सभी चयनित पंचायतों द्वारा तैयार ग्राम विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त हरिकेश मीणा ने ये जानकारी दी उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से आदर्श गांवों में जल संरक्षण से संबंधित योजनाओं का समायोजन करने का आग्रह किया

अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा ने धर्मशाला में इस संबंध में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने विभिन्न योजनाओं के तहत मौजूदा वित्त वर्ष के लक्ष्यों को जल्द पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं

वीरेन्द्र कंवर ने प्रदेश में एक लाख गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक निश्चित कार्य योजना बनाने को भी कहा उन्होंने इस कार्यक्रम में अन्य विभागों को जोड़ने के भी निर्देश दिए मौसम प्रदेश में मौसम ने आज फिर करवट बदली है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रूक रूक कर बर्फबारी जबकि अन्य भागों में हल्की वर्षा हो रही है

लाहौल स्पीति ज़िले में बर्फबारी हो रही है जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उपायुक्त केके सरोच ने घाटी में भारी बर्फबारी के चलते हिमखंड गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है उन्होंने लोगों को निर्माणाधीन अटल टनल की तरफ न जाने की हिदायत दी है जिले में इस बार बर्फबारी का दौर लम्बा चलने से लोगों के पास अवश्यक वस्तुओं का भंडार भी खत्म होने लगा है किन्नौर जिले में हो रहे हिमपात को देखते हुए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है चंबा और कुल्लू ज़िलों की ऊंची चोटियों पर रूक रूक कर हिमपात से इन इलाकों में जबरदस्त ठंड पड़ रही है बर्फबारी के कारण शिमला का ऊपरी इलाकों से सम्पर्क कट गया है

राजधानी शिमला सहित प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कुफरी फागू नारकंडा और मशोबरा में रूक रूक कर कर बर्फबारी हो रही है जिससे ऊपरी क्षेत्रों के लिए सड़क यातायात अवरूद्व है प्रशासन द्वारा ऊपरी क्षेत्रों में बंद सड़क मार्गो को खोलने के लिए युद्वस्तर पर कार्य किया जा रहा है

उधर सिरमौर ज़िला के संगड़ाह उपमंडल में बर्फबारी में एक वाहन के बर्फ पर फिसलने से दो युवकों की मौत हो गई है

ज़िले के ऊपरी इलाकों में कल रात से बर्फबारी हो रही है निचले ज़िलों में भी रूक रूक कर बारिश का क्रम जारी है

धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के बम्बलोह उहल में एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे विद्यार्थियों को पुरस्कार बांटे उन्होंने अध्यापकों और अभिभावकों से बच्चों की रूचि के अनुसार लक्ष्य तय कर उन्हें भविष्य में आगे बढ़ने के प्रति प्रेरित करने का आहवान किया